गौरतलब है कि इस चरण में सात राज्यों के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को वोट डाले जाएंगे

प्रदेश की आठ संसदीय सीटों पर सभी सार्वजनिक सभायें प्रतिबंधित हो गई हैं अब इन स्थानों पर प्रत्याशी सिर्फ घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे इन सीटों पर सिनेमा घर केबल नेटवर्क टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा भी जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा नुक्कड़ नाटक संगीत सभा या अन्य मनोरंजन वाले कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार या मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा इस संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी

इस चरण में अपना भाग्य अजमा रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीवारों में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर डॉक्टर केपी यादव महापौर विवेक शेजवालकर और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल हैं इस दौर में भाग्य आजमा रहे कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रामनिवास रावत और अशोक सिंह शामिल हैं बहुजन समाज पार्टी के माधो सिंह अहिरवार धाकड़ लोकेन्द्र सिंह करतार सिंह भडाना और ममता कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी इसी दौर में होगा

एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली थी और उसका वोट प्रतिशत पांच दशमलव आठ पांच प्रतिशत रहा था चुनाव प्रचार प्रदेश की आठ लोकसभा सीटें मुरैना भिण्ड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कई सभायें और रैली हुई मुरैना में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया वहीं ग्वालियर और राजगढ़ सीट के ब्यावरा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने रोड शो किया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी आज ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित किया कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्ध ने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के खिलचीपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया इस चरण के बाद लोकसभा चुनावों के सातवें और अंतिम चरण में शामिल आठ लोकसभा क्षेत्रों इन्दौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खरगोन और खंडवा में चुनाव प्रचार तेज हो जायेगा

इसी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड़ा रतलाम और इन्दौर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल धार के अमझेरा में प्रचार करेंगे हमारे शाजापुर संवाददाता ने बताया है कि श्री गांधी कल जिले के शुजालपुर और खरगोन में भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभायें करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इन्दौर में कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी के लिये वोट मागेंगे चुनाव समीक्षा प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है

कौन सी सीटें हैं जिनपर भाजपा की पकड़ है और कोन से क्षेत्र कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ माने जाते हैं

इसके अनुसार विमान के उड़ान भरने से तीन घंटे पहले टिकट खरीदने वालों को बिक्री मूल्य में चालीस प्रतिशत से अधिक की छूट दी जायेगी आज नई दिल्ली में एयर इंडिया मुख्यालय में वाणिज्यिक समीक्षा बैठक में इसका फैसला किया गया है एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के टिकट एयर इंडिया के बुकिंग काउंटरों एयर इंडिया मोबाइल ऐप एयर इंडिया वेब साइट और ट्रेवल एजेंटों से खरीदे जा सकेंगे ट्रेन रेलवे ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई से चलकर गोरखपुर तक जाने वाली ट्रेन के दो दो ट्रिप चलाने का फैसला लिया है ग्रीष्मकाल के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिये अतिरिक्त रेल यातायात को क्लियर करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है इसके साथ ही रेल प्रशासन ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए हबीबगंज से चलकर धारवार और हबीबगंज से ही चलकर पुरी जाने वाली ट्रेन में नई तरह के एलएचबी कोच लगाने का निर्णय लिया है जिनमें दुर्घटना के दौरान कम नुकसान होता है रेल प्रशासन ने भोपाल से चलकर लखनऊ तक चलने वाली गरीबरथ श्रेणी की गाड़ियों को एक्सप्रेस के रूप में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है

इसके लिए इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित प्रपत्र में अपने जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा आईपीएल आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वाहलीफायर में आज डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नेई सुपर किंग्स से होगा

विजेता टीम रविवार को हैदराबाद में होने वाले फाइनल मैच में मुम्बई इंडियंस से भिड़ेगी

आज खजुराहो दमोह और सीधी प्रदेश के सबसे गर्म इलाके रहे

कल सुबह विदिशा और भोपाल संसदीय सीटों के लिये चुनाव सामग्री का वितरण किया जायेगा